निर्वाचन आयोग जल्द ही उन्हें नोटिस भेजेगा

आयोग ने यह रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है

लगभग एक पखवाड़े तक चले राजनेताओं के चुनाव प्रचार के बावजूद मतदाताओं का मौन और राज्य की पंद्रह वर्ष पुरानी भाजपा सरकार के खिलाफ कथित असंतोष और सत्ताविरोधी रूझान को लेकर अंडर करंट जैसी खबरों के बीच रिकार्ड मतदान को कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ तो भाजपा नेता अपनी ही सरकार में पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं

इस बार भी ज्यादा मत डाले गए और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल भाजपा को मिलेगा उधर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि यह रिकार्ड मतदान राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ है शिवराज सरकार से आम लोग ऊब गए हैं किसान भी परेशान है वहीं मोदी सरकार की नीतियों के कारण काम धंधे चौपट हो गए हैं

नगर पालिका परिषद् धनपुरी उमरिया अनूपपुर और नगर परिषद नरवर साँची चुरहट और भैंसदेही में आम निर्वाचन प्रस्तावित हैं

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रशिक्षण एक दिसम्बर को होगा कांग्रेस भूपेन्द्र गुप्ता कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से ईवीएम मशीनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्ट्रेरप्शन से बचाने के लिये स्ट्रांक रूम और मतगणना स्थल पर जैमर्स लगाये जाने का आग्रह किया है श्री गुप्ता ने एक पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि कई जगहों पर मॉक ड्रिल के दौरान जो वोट ईवीएम में डाले गये हैं उन्हें हटाया नहीं गया है ऐसे में यह पूरी संभावना है कि ईवीएम मशीन के कुल मत बेलेट रजिस्टर से अधिक पाये जायें ऐसी अवस्था में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग है कि मतगणना के पूर्व सुस्पष्ट एवं सर्वस्वीकार्य नीति निर्देश जारी कर विभिन्न दर्लों को सूचित करें

केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की ओर से देशभर के इंडस्ट्रियल पार्कों में बुनियादी ढांचे पर गये सर्वे में इन्दौर के पीथमपुर को पहला स्थान मिला है

सर्वे में पाया गया कि पीथमपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं सबसे बेहतर स्थिति में हैं वहीं इसी श्रेणी में भोपाल के मंडीदीप को दसवां स्थान मिला है अहमदाबाद का बाटवा दूसरे स्थान पर और तिरूवनंतप्रम का एपरल पार्क तीसरे स्थान पर आया है एक अन्य कैटेगरी इंवायरनमेंट व सेफ्टी मेजरमेंट में भी पीथमपुर के सेज को देश में छठा बेहतर इंडस्ट्रियल पार्क माना गया है रैंकिंग के पीछे मंशा केंद्र की यह रैंकिंग अब हर साल जारी होगी इसके पीछे केंद्र की मंशा है कि हर राज्य में शासन स्तर पर विकसित हो रहे इन पार्को के बीच बेहतर होने की प्रतिस्पर्धा हो और निवेशकों को भी इसकी जानकारी हो कि कौन सा पार्क कहां पर है

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से संबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा

एडवेंचर नेक्स्ट मध्यप्रदेश को पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट की मेजबानी का मौका मिल रहा है

एडवेंचर नेक्स्ट के कार्यक्रम ट्रायबल म्यूजियम और बोट क्लब पर भी होंगे आयोजन स्थल के मुख्य हॉल को राजा भोज हॉल मार्केट प्लेस को चौक बाजार और भोजन स्थल को अन्नपूर्णा नाम दिया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भरत नाट्यम मोहिनी अट्टनम आदिवासी लोकनत्य आदि होंगे

एशिया में पहली बार भारत में और वह भी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है इसके पहले एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन जॉर्डन में हुआ था

इस अवसर पर उज्जैन में जन जाग़ति के लिये रैली निकाली जायेगी

जिसमें बैंक रिकव्हरी मोटर दुर्घटना श्रम विवाद विद्युत और जलकर जैसे मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जायेगा